ये दल इन आश्रयगृहों और छात्रावासों की गतिविधियों तथा उनमें रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई की जांच करेगा बिहार और उत्तर प्रदेश में आश्रय गृहों में बालिकाओं तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है केन्द्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ आज से लगातार चार दिनों तक अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जनता से सीधा संवाद करेंगे इस दौरान वे आमेर और विराटनगर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे आज कर्नल राज्यवर्धन बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता से रूबरू होंगे दोपहर में वे खेड़ा श्यामपुरा और रसनाली जायेंगे श्री राठौड कल जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी में शिरकत करेंगे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज एक दिन के दौरे पर जयपुर आएंगे वे जयपुर में रोड शो कर कांग्रेस के विधानसभा चुनाव अभियान की षुरूआत करेंगे प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने बताया कि जयपुर में कई स्थानों पर श्री गांधी का स्वागत किया जाएगा वे कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव के दौरान प्रयोग में आने वाली विभिन्न एप्लीकेशन वेबसाइट और तकनीक के बारे में प्रशिक्षण के लिए कल जयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गयी सूचना तकनीक से जुड़े अधिकारियों के लिए आयोजित इस कार्यशाला में राजस्थान के सभी जिलों से आए अधिकारियों ने हिस्सा लिया भारत निर्वाचन आयोग के सूचना और संचार विभाग के निदेशक कुशल पाठक ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष च्नावों के लिए वेबकास्टिंग का महत्व बहत ज्यादा है उन्होंने वेबकास्टिंग के तौर तरीकों के बारे में विस्तार से समझाया श्री पाठक ने सी विजिल एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है प्रदेश के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कहा है कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए राज्य के सभी विभाग पूरी तरह सजग और मुस्तैद हैं और इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की जब्ती और अवैध हथियारों पर लगाम कसने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है

उन्होंने मेडिकल कालेज और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों से मौसमी बीमारियों के मरीजों का डेटा नियमित रूप से संबंधित मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के लिये भी कहा श्रीमती गुप्ता कल एसएमएस मेडिकल कालेज में राजकीय और निजी मेडिकल कालेज के विशेषज्ञ चिकित्सकों की कार्यशाला को सम्बोधित कर रही थी

झालावाड जिले के बकानी के पास सलावद गांव में ट्रक की टक्कर से सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई प्रतापगढ जिले के अमलावद में एक स्कूल बस ने मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी हादसे में मोटरसाईकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये